राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ ने दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण का नियम लागू करने के उच्चतम न्यायालय के हाल ही के फैसले को जल्द लागू करने का किया आग्रह

मौसम विभाग ने कल प्रदेश के मध्यम व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा व हिमपात की चेतावनी की जारी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विदेश सहित देश के अन्य राज्यों में कार्यरत प्रदेश के शिक्षित युवा पेशेवरों से राज्य के विकास में योगदान देने का आहवान किया है मुख्यमंत्री कल शिमला में उनसे मिलने आए युवा सामाजिक उद्यमियों सिद्धार्थ लखनपाल और गौतमी श्रीवास्तव से बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना सहित कई अन्य योजनाएं शुरू की हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है जयराम ठाकुर ने दोनों युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए बधाई दी और उम्मीद जताई कि इससे प्रदेश से बाहर बसे पेशेवर युवाओं को प्रेरणा मिलेगी दृष्टिहीन संघ राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ ने दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का नियम लागू करने के उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले का स्वागत किया है संघ के महासचिव एस के रूंग्टा ने कहा है कि दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए यह ऐतिहासिक फैसला है उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण में पदोन्नति की नीति तुरन्त लागू करने का आग्रह किया इस बीच राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की हिमाचल शाखा ने दृष्टिहीन और अन्य दिव्यांगों को नियुक्तियों के साथ साथ पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को प्रदेश में जल्द लागू करने की सरकार से मांग की है संघ की प्रदेश शाखा के संयोजक कुलदीप ठाकुर ने एक ब्यान में कहा है कि प्रदेश के सभी विभागों निगमों और बोर्डो में कार्यरत सभी पात्र दिव्यांगों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ समयबद्ध दिया जाना चाहिए ताकि सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले की अनुपालना की जा सके रामलाल मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि वे अधिक से अधिक नकदी फसलों का उत्पादन कर सके

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को खेतों में जाकर किसानों की समस्याओं का निदान करने के निर्देश भी दिए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

भारत पर्व दोपहर बारह बजे से रात दस बजे तक लोगों के लिए खुला रहेगा और इसके लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है इस बीच शिमला के समीप कुफरी स्थित होटल प्रबंधन खान पान व पोषाहार संस्थान द्वारा आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत रोड शो आयोजित किया गया इसमें संस्थान के प्रवक्ताओं सहित करीब एक सौ पचास छात्र छात्राओं ने भाग लिया आलू सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के गांधीनगर में तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से संबोधित करेंगे तीन दिवसीय इस सम्मेलन में सभी हितधारक आलू क्षेत्र से जुड़े सभी मुद्दों और भावी योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे सम्मेलन का आयोजन भारतीय आलू संघ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू के सहयोग से किया जा रहा है कोरोना वायरस चीन में फैले कोरोना वायरस को देखते हुए कांगड़ा जिला में भी अलर्ट जारी किया गया है एहतियाती तौर पर जिले के क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला टांडा और पालमपुर में कफ कॉरनर्स स्थापित किए गए हैं प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है जानकारी के अनुसार अभी तक पूरे देश में कोरोना वारयस के किसी भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है

ये जानकारी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला में दी

इस अवसर पर योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश चंद ध्वाला ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं प्रदेश भर में अभूतपूर्व कार्य कर रही हैं बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज सिरमौर जिला के कालाअम्ब त्रिलोकपुर मुख्य सड़क मार्ग पर खैरी से मीरपुर गुरूद्वारा तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया

बिंदल ने बाद में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला त्रिलोकपुर के वार्षिक समारोह में मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत है बिलासपुर जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुईं सुरहाड़ के वार्षिक समारोह में उन्होंने अध्यापकों और अभिभावकों से बच्चों को शिक्षा व संस्कारों के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान देने का आह्वान किया मौसम पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेशवासियों को कल से एक बार फिर वर्षा व बर्फबारी का सामना करना पड़ सकता है

उधर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में साफ मौसम के बावजूद कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और न्यूनतम तापमान माइनस दस से बीस डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया जा रहा है

इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में इस बार मध्य मार्च तक ठंड का दौर जारी रहेगा